मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता लुहणु ग्राउंड में उनका जोरदार स्वागत करेंगे जगत प्रकाश नड्डा अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान बिलासपुर के कोठीपुरा स्थित निर्माणाधीन एम्स का निरीक्षण करने के अलावा कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे इस दौरान मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे इससे पहले कल शाम जयराम ठाकुर ने चंडीगढ़ में प्रदेश भाजपा के नए सहप्रभारी संजय टण्डन से शिष्टाचार भेंट की मुख्यमंत्री ने उनसे हिमाचल के विभिन्न मुद्दों उनके समाधान और विकास कार्यो पर विस्तार से चर्चा की रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि मंडी जिला के द्रंग और गुम्मा नमक खानों के खुलने से समूचा देश लाभान्वित होगा चट्टानी नमक के लिए भारत को अब बाहर से आयात की जरूरत नहीं रहेगी वे कल वर्चुअल माध्यम से आयोजित मंडी जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि वर्षो से बंद पड़ी द्रंग और गुम्मा नमक खानों से नमक निकालने का काम नए सिरे से शुरू किया गया है इस कार्य में महारत रखने वाली एक बड़ी कंपनी के साथ सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और अब यहां नमक आधारित बड़ा उद्योग लगाया जाएगा

प्रतिबंध लाहौल स्पिति जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने पर्यटकों के सिसु नर्सरी से आगे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि पर्यटकों को केवल अटल टनल रोहतांग के नार्थ पोर्टल से सिसु नर्सरी तक जाने की अनुमति होगी मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम आमतौर पर साफ रहने के बावजूद तापमान में गिरावट आई है लाहौल स्पीति जिला के केलंग और किन्नौर जिला के कल्पा में तापमान जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है

निचले मैदानी इलाकों में कई स्थानों पर सुबह शाम धुंध का प्रकोप भी बना हुआ है मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है इस दौरान ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व अन्य क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई मुददा नहीं हिमाचल दस्तक का कहना है हाईकमान के दखल से सेंट्रल यूनिवर्सिटी विवाद पर पानी आपका फैसला ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हवाले से शीर्षक दिया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीजेपी के आपसी मतमेद की बलि चढ़ी कोरोना से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी का कहना है कोरोना मरीज को आइसोलेशन में भर्ती न कर घर ले गए तीमारदार

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिमाचल दौरे को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है जेपी नडडा आज पहुंचेंगे बिलासपुर रिसीव करने चंडीगढ़ पहुंचे सीएम पंजाब केसरी ने लिखा है नडडा आज बिलासपुर में लेंगे हिमाचल भाजपा की क्लास